आरटीजीएस औरएनईएफटी के जरिए धनराशि का हस्तांतरण आज से षुल्कमुक्त

मन की बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबके लिए स्वास्थ्य और उसकी देखभाल के बारे में जागरुकता ने योग की शान और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है वे कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बात साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जनआंदोलन शुरु करने का आह्वान किया है उन्होंने लोगों से जल की एक एक ब्रंद बचाने का आग्रह किया श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए जिसमें न सिर्फ जल संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाये बल्कि पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार भी किया जाये प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वंयसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से पुस्तक पढ़ने पर भी जोर दिया इस दौरान उन्होंने कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियों नशा ईदगाह और पूस की रात का उल्लेख कर उनमें निहित भारतीय संस्कृति और भावनाओं को आत्मसात करने की जरूरत पर जोर दिया जीएसटी वस्तु और सेवा कर जीएसटी की आज दूसरी वर्षगांठ है इस अवसर पर प्रदेष के जीएसटी कार्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे नई दिल्ली में वित्त और कम्पनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस मौके पर छोटे उद्योगों के लिए जीएसटी पर एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आज से रिटर्न भरने की नई व्यवस्था प्रयोग के तौर पर शुरू होगी और पहली अक्टूबर से यह अनिवार्य हो जाएगी

एनईएफटी रियल टाइम ग्रास सेटिलमेंट यानी आरटीजीएस और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण यानी एनईएफटी के जरिए धनराशि का अंतरण आज से और आसान तथा सस्ता होने जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि वह इस तरह के लेन देन पर अब कोई शुल्क नहीं लगाएगा आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के माध्यरम से धनराशि के अंतरण पर सभी प्रभारों को मुक्त करने के निर्णय की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इसका लाभ तत्कालिक प्रभाव से उपभोक्ताओं को देने को कहा है आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग बड़ी धनराशि के मौके पर ही फंड ट्रांसफर के लिए होता है जबकि एनईएफटी का उपयोग दो लाख रुपए तक की धनराशि के अंतरण के लिए किया जाता है अमर यात्रा देश के विभिन्न भागों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिये पहुंचे साधुओं समेत अन्य तीर्थयात्रियों का जत्था कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पवित्र गुफा के लिये रवाना हुआ उधमपुर डोडा रेंज के उप महानिरीक्षक सुरजीत के सिंह ने बताया कि तीर्थयात्रियों की कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्री स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं गांदरबल ज़िले के बालटाल आधार शिविर से तीर्थयात्री आज तीन हज़ार आठ सौ अस्सी मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ मंदिर के लिये आगे की यात्रा शुरू करेंगे

रेलवे भारतीय रेलवे की नई समयसारिणी आज से लागू हो रही है नई समयसारिणी में रेलवे ने कई रेलगाड़ियों के संचालन समय में बदलाव किया

इससे भोपाल हबीबगंज और प्रदेष के अन्य रेलवे स्टेषनों पर कई रेलगाड़ियों के आवागमन के समय में बदलाव किया गया है टाइगर रिजर्व उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व कल से अगले तीन माह के लिये बंद कर दिया गया है पर्यटक एक अक्टूबर से पुनः टाईगर रिजर्व में जा सकेंगे

उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया मोहम्मक शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे

इंग्लैंड इस जीत से अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गया है

भारत का अगला मैच कल बांग्लादेश से होगा और इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से बुधवार को होगा आज श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच मैच होगा बघेल समीक्षा नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कल धार जिले के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं की समीक्षा की श्री बघेल ने अधिकारियों से क्षेत्र में घटते जल स्तर को देखते हुए बन्द पड़े ग्रामीण नल जल योजनाओं को पुनर्जीवित करने को कहा

श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या कम होने पर पात्र हितग्राहियों का पुनः परीक्षण करायें जिससे अधिक से अधिक हितग्राही योजनाओं का लाभ ले सकें

उन्होंने कहा कि गौ शाला निर्माण के लिये जल्दी से कार्यवाही की जायें मनरेगा और अन्य स्व रोजगार योजनाओं में बेरोजगारों को निश्चित रोजगार मुहैया करायें

प्रदेश के बुंदेलखंड रीवा इलाको के कई हिस्सों में बारिश कम होने से खरीफ की बुआई पर असर पड़ा है

राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में कल से रुक रुक कर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है मंडला छिंदवाड़ा और खंडवा में कहीं कहीं अच्छी बारिश हुई है

कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर संभाग और मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद रहेंगे

आरटीजीएस औरएनईएफटी के जरिए धनराशि का हस्तांतरण आज से षुल्कमुक्त